मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विमागों में रिक्त पद भरने समेत अन्य अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं एक ब्यान में उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया है और योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना वरिष्ठ नागरिक पैंशन योजना और बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज जैसी योजनाएं फायदेमंद साबित हुई हैं

विश्व प्रसिद्ध मैराथन धावक सुनील शर्मा दौड़ का नेतृत्व करेंगे उपायुक्त ललित जैन ने बताया कि स्वच्छता दौड़ के दौरान शहर के नागरिकों को स्वच्छता गतिविधियों में रचनात्मक सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाएगा

मांग चम्बा जिले की हाईटैक एजुकेशन एण्ड वैल्फेयर सोसायटी के प्रधान हेम शर्मा ने कहा है कि ताजा बर्फबारी से पांगी घाटी में सेब की फसल को नुकसान होने के साथ साथ दूरसंचार व्यवस्था प्रभावित हुई है उन्होंने राज्य सरकार से विद्युत व संचार व्यवस्था जल्द सुचारू करवाने का आग्रह किया है इस बीच स्वयंसेवी संगठन सेवा के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शर्मा ने पांगी घाटी में बर्फबारी से हुए नुकसान की एवज में प्रभावित बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है गुलाबा शिकारी देवी और चूड़घार में हुई सीजन की पहली बर्फबारी पंजाब केसरी लिखता है सैलानियों के लिए रोहतांग दर्रा बंद पांगी शेष विश्व से कटा दैनिक भास्कर के शब्द हैं पहाड़ों पर बर्फ मैदानों में आंधी रोहतांग आवाजाही के लिए फिर बंद तापमान गिरा आपका फैसला के अनुसार कुल्लू व लाहौल में भारी हिमपात रोहतांग दर्रा बंद दिव्य हिमाचल ने खबर दी है चंबा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसीपल पर गाज तय विभागीय जांच में कई आरोपों की पुष्टि

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है सुजानपुर में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य बनने को तैयार आईएएस चौधरी मनीषा समेत कई अधिकारियों ने किया आवेदन

कैबिनेट की आज प्रस्तावित बैठक पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है सीयू धर्मशाला की जमीन पर कैबिनेट आज लेगी फैसला जबकि अमर उजाला ने लिखा है कैबिनेट बैठक आज खुल सकता है नौकरियों का पिटारा दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक मंत्रिमंडल में आज खुलेगा शिक्षक भर्ती का पिटारा अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हैली टैक्सी से जुड़ेगा जंजैहली हैलीपैड वहीं आपका फैसला के शब्द हैं जंजैहली में खुलेगा हिमाचल पथ परिवहन निगम का उप डिपो एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय मिलावट का मौसम में त्योहारी सीजन में मिठाई व दूध के उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाने की सलाह दी है जबकि आपका फैसला ने अपने संपादकीय मिठाइयों की गुणवता में लिखा है कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों से तो कानून के अनुसार सख्ती से निपटे साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे